बिहार सहित देश के सोलह राज्यों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट

और गूजरात में दिखा चाँद बाईस अगस्त को मनायी जायेगी बकरीद

उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि हताश और निराश लोगों के इस महागठबंधन के पास न तो कोई विचारधारा और सिद्धांत है न ही देश की तरक्की और भविष्य की कोई योजना है प्रधानमंत्री ने कहा दो हजार उन्नीस में जनता राष्ट्रीय हित की कीमत पर ऐसे लोगों से गठबंधन नहीं करेगी श्री मोदी ने कहा कि जनता एक मजबूत और निर्णायक सरकार चाहती है जो उसके हितों के प्रति संवेदनशील हो और उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाये उन्होंने कहा कि केन्द्र में एनडीए की सरकार आने के बाद बीमार अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है जीएसटी और रेरा जैसे सुधारों से कारोबारी सोच में बदलाव आया है और दशकों से लटकी परियोजनाएं प्री हो रही है श्री मोदी ने कहा कि उज्ज्वला और मुद्रा योजना से आम आदमी के सपने साकार हुये हैं सावन की तीसरी सोमवारी के अवसर पर मूजफ्फरपूर के गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक के दौरान मची भगदड़ में पच्चीस से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है घायलों में कई महिलाएं और बच्चे शामिल हैं सावन की तीसरी सोमवारी होने के कारण मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इकट्ठा थी इसी दौरान यह घटना हुई सीबीआई ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के पास से जब्त मोबाईल नम्बरों की पड़ताल शुरू कर दी है ब्रजेश ठाकुर के पास से कई हाई प्रोफाइल लोगों के नम्बर मिले है इसमें मंत्री विधायक और अधिकारियों के नम्बर भी शामिल हैं लिस्ट में सफेदपोशों के नाम को देखते हुये अधिकारी जांच में काफी गोपनीयता बरत रहे हैं कई बड़े लोग इस मामले में संदेह के घेरे में हैं इधर पटना के राजीव नगर के आसरा गृह में रह रही दो युवतियों की मौत के बाद जिलाधिकारी कुमार रवि ने इस मामले की जांच के लिए एक कमिटी का गठन किया है एसएसपी मनु महाराज ने देर रात राजीव नगर थाने में पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की इन पर संवासिनों के इलाज में लापरवाही और तथ्यों को छुपाने का आरोप लगाया गया है आसरा गृह के सचिव चितरंजन कुमार और कोषाध्यक्ष मनीषा दयाल को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि डॉक्टर और एएनएम की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गयी है देश के बत्तीस करोड़ से अधिक जन धन खाता धारकों के लिए ओवर ड्राफ्ट की सुविधा दोगुनी होगी इसके तहत खाताधारक दस हजार रूपये ले सकेंगे आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस संबंध में घोषणा कर सकते हैं सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में शामिल अयोग्य लाभार्थियों की पहचान शुरू कर दी है जांच के बाद ऐसे लाभार्थियों का नाम इस योजना से हटाया जायेगा सरकार ने पच्चीस अगस्त तक सभी अयोग्य लाभार्थियों की पहचान करने का आदेश डीडीसी को दिया है ऐसा नहीं होने पर उप विकास आयुक्त और प्रखंड विकास पदाधिकारी को जिम्मेदार मानते हुये उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि विभाग की ओर से जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के तहत व्यावसायिक स्तर पर वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है उन्होंने कहा कि इसके अन्तर्गत व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट इकाई लगाने पर चालीस प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है अनुदान की अधिकतम राशि इकाई की क्षमता के अनुसार छह लाख चालीस हजार बारह लाख अस्सी हजार और बीस लाख तक है उन्होंने कहा कि इसके लिए व्यक्तिगत सहकारी सरकारी गैर सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों और अन्य के द्वारा आवेदन किया जा सकता है पटना सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह भी रूक रूक कर बारिश हो रही है इधर मौसम विभाग ने बिहार सहित देश के सोलह राज्यों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है दक्षिण पश्चिम मॉनसून के सक्रिय होने के कारण आज और कल राज्य के विभिन्न हिस्सों में तेज बारिश होने का पूर्वानुमान है बिहार के अलावे झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी आज बारिश होने के आसार हैं हमारे शिवहर संवाददाता ने खबर दी है कि जिले में बागमती नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही वर्षा के कारण कई स्थानों पर नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है डुब्बा धार में बागमती नदी का जलस्तर बढ़कर लगभग साढ़े एकसठ मीटर हो गया जो खतरा के निशान से नौ सेंटीमीटर ऊपर है इसके जलस्तर में बढ़ने की प्रवृत्ति बनी हुयी है इधर लालबकेया नदी के जलस्तर में भी वृद्धि का सिलसिला शुरू हो गया है ईद उल जुहा बकरीद का पर्व बाईस अगस्त को बिहार सहित पूरे भारत में मनाया जायेगा इमारत ए शरिया फुलवारीशरीफ के नाजिम मौलाना अनिसुर्रहमान कासमी और खानकाह ए मुजिबिया फुलवारीशरीफ के प्रबंधक मौलाना मिन्हाजुद्दीन कादरी ने इसकी प्रष्टि करते हुये बताया कि गुजरात के हसौठ करमालि खरोड और पाणोली में बकरीद का चाँद देखा गया

इस अवसर पर मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही श्रद्वालुओं की भीड़ देखी जा रही है मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर सोनपुर के हरिहरनाथ सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ और मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान मंदिरों में इस अवसर पर विशेष प्रजा अर्चना और जलाभिषेक किया जा रहा है

उधर विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि जिला मुख्यालय से लेकर गांव में स्थित शिव मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन की ओर से विशेष प्रबंध किये गए हैं राज्य के संस्थानों में इंटर में नामांकन के लिए पहली मेरिट लिस्ट आज जारी की जायेगी बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी इसे लेकर आज सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और अन्य अधिकारियों के साथ वीडियों कान्फ्रेंसिंग की जायेगी नेपाल ने बिहार को अंतिम मुकाबले में चौंतीस उनतीस से पराजित कर तीन मैचों की कबड्डी टेस्ट सीरिज दो एक से जीत ली उनतीसवीं बिहार राज्य निशानेबाजी प्रतियोगिता में मगध राईफल पटना मुंगेर और नालंदा राईफल क्लब की टीमों ने श्रेष्ठ प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक जीता बिहार क्रिकेट एसोसिएशन राजधानी पटना के अतिरिक्त अन्य जिलों में भी क्रिकेट स्टेडियम की तलाश कर रहा है पटना के मोईनुलहक स्टेडियम में पवेलियन का निर्माण के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये बीसीए ने प्रेस कान्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सूर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विपक्ष को लेकर दिये बयान को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये शीर्षक दिया है महागठबंधन मुंह की खाएगा अखबार की एक अन्य सूर्खी है आरपीएफ में पचास प्रतिशत महिला आरक्षण प्रभात खबर ने रेल मंत्री की घोषणा को प्रमुख खबर बनाते हुये शीर्षक लगाया है पटना दीघा रेललाईन की जमीन राज्य सरकार को की गयी ट्रांसफर रेल मंत्री ने किया एलान दैनिक भास्कर की सुर्खी है पटना के शेल्टर होम में संदिग्घ हालात में दो महिलाओं की मौत एनजीओ का सचिव गिरफ्तार दैनिक जागरण ने पन्द्रह अगस्त से रेलवे का नया टाईम टेबुल को अपनी प्रमुख खबर बनाया है आज अखबार लिखता है जन धन खाता धारकों के मिलेंगे कई तोहफे स्वतंत्रता दिवस पर ऐलान सम्भव

बिहार सहित देश के सोलह राज्यों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट

और गुजरात में दिखा चाँद बाईस अगस्त को मनायी जायेगी बकरीद